कैबिनेट बैठक आज नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये

साथ ही आपदा से निपटने के लिये अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के समझौते किये जाएंगे पत्रकार वार्ता में मौजूद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिये भी व्यापक कदम उठा रही है

खेल दिवस फलेगशिप हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कल देशभर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ करेंगे और लोगों को फिट रहने की शपथ दिलाएंगे

उधर देश के साथ साथ प्रदेश में भी इस अभियान के तहत तमाम प्रकार के आयोजन होंगे

दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को फिटनेस की शपथ दिलाएं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन और सार्थक बहस के लिए एक संचालन संहिता होनी चाहिए उन्होंने बताया कि सदन संचालन संहिता बनाने के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी नई दिल्ली में पीठासीन आधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि सभी विधान सभाओं के अध्यक्षों ने इस पर सहमति व्यक्त की है लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष नवम्बर में देहरादून में राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन आधिकारियों की बैठक होगी जिसमें प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा

इन केन्द्रों में बच्चों को पोषण आहार के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा इस कड़ी में आज महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के झलकारी बाई पार्क स्थित रेशम मिल आंगनवाड़ी केन्द्र से बाल शिक्षा केन्द्र का शुभारंभ किया उधर शिवपुरी जिले में संभागायुक्त ने आज जिला मुख्यालय स्थित गौशाला वार्ड में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्र को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में शुरू किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल शिक्षा केन्द्र में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा गुना में हरिपुर रोड पर चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्र को बाल शिक्षा केन्द्र बनाया गया है आज जिला कलेक्टर ने इस केन्द्र का निरीक्षण किया झाबुआ जिले में शुरू हुए बाल शिक्षा केन्द्रों में निजी स्कूलों की तर्ज पर खेल खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है अशोकनगर जिले के अशोकनगर विकास खण्ड में मढ़ीनामदार आंगनवाड़ी केन्द्र चन्देरी में प्राणपुर ईसागढ़ के पिपरिया तथा मुंगावली विकासखण्ड के ओंडेर में भी बाल शिक्षा केन्द्र बनाये जाने के समाचार मिले हैं

अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आतंरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है आज नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक देश चुनौतियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा

पुलिस सुधारों की चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अपराधियों को तेजी से दंडित करने के लिए फोरेंसिक कॉलेजों और विश्विविद्यालयों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है गृहमंत्री ने कैदियों के प्रति जेलकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया

पांच न्यायालय ने केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता वेणुगोपाल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर माह के पहले हफ़ते में की जाएगी मौसम राज्य में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के चलते अधिकतर स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं जिससे कई क्षेत्रों में आवागमन के साथ ही कई जिलों सामान्य जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ा है

प्रदेश में अभी कृछ दिन और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तरी उड़ीसा पर कम दबाव का सिस्टम बनने से अगले दो दिन तेज बारिश होने की संभावना है

शहर की कई कॉलोनियों में पानी जमा हो जाने से लोग परेशान हो रहे हैं